लाहौल के आलू उत्पादक ढुलाई के लिए ट्रक न मिलने से परेशान

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि उनकी सरकार पूरे प्रदेश का न्यायसंगत विकास सुनिश्चित बना रही है और जनमंच कार्यक्रम इसमें अहम भूमिका निभा रहा है मुख्यमंत्री आज शिमला में जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित कर रहे थे ये प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने आया था मुख्यमंत्री ने इस मौके पर घोषणा की कि जनमंच कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के लिए मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा सचिवालय स्तर पर समन्वय करेंगे जयराम ठाकुर ने कहा कि जनमंच राज्य सरकार का सबसे महत्वपूर्ण और जनता केंद्रित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य जनसमस्याओं का निपटारा लोगों के घर द्वार पर करना है उन्होंने ये भी कहा कि सरकार प्रदेश के सेब बागवानों के कल्याण और बेहतरी के लिए वचनबद्व है

उन्होंने बाद में यहां दो करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यो के उद्घाटन भी किए

सांसद अनुराग ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि मोदी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है डीसी कांगड़ा कांगड़ा जिला के बड़ा भंगाल में बर्फबारी में फंसे भेड़पालकों की सहायता के लिए जिला प्रशासन द्वारा भेजे गए दो दल अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं और भेड़पालकों से उनका संपर्क हो गया है उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने बताया कि सभी भेड़ पालक सुरक्षित है और उन्हें राशन की कोई कमी नहीं है उन्होंने कहा कि दल के सदस्यों के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ कम्बल और जूते भेजे गए हैं उन्होंने यह भी कहा कि तीसरा दल थमसर पास की ओर से रवाना किया गया है ये दल इस रास्ते से लौट रहे भेड़पालकों को राशन और अन्य सामग्री पहुंचाएगा उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन स्थिति पर हर समय नजर रखे हैं तथा भेड़पालकों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है लाहौल आल् जनजातीय जिला लाहौल स्पीति का बीज आलू देश भर में रोगमुक्त आलू के रूप में प्रसिद्ध है यही कारण है कि लाहौल के बीज आलू की न केवल कीमत अन्य किस्म के आलू से कहीं अधिक है बल्कि ये आलू हिमाचल से अधिक देश के अन्य राज्यों में बिकता है लेकिन इस बार मौसम की विपरित परिस्थितियों ने लाहौल के आलू उत्पादकों को चिंता में डाल दिया है

लाहौल स्पीति में इस बार मौसम की वितरित परिस्थितियों के बावजूद आलू की अच्छी फसल हुई है यही नहीं किसानों को इसके अच्छे दाम भी मिल रहे है लेकिन समय से पहले बर्फबारी और ठंड के बढ़ जाने के चलते घाटी के आलू उत्पादकों को अपनी फसल को मंडियों तक पहुंचाने में दिक्कत पेश आ रही है वहीं घाटी में ट्रकों की भी भारी कमी हो गई है

उनका कहना है कि सरकार आलू को घाटी से बाहर भेजने के सभी प्रबंध कर रही है

वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने दशहरा उत्सव को लेकर आज कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि इस उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल आचार्य देवव्रत करेंगे जबकि समापन समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे दशहरा उत्सव के दौरान हर रोज किसी एक थीम पर दिन के समय कार्यक्रम आयोजित होंगे उत्सव का मुख्य आकर्षण कुल्लवी नाटी होगा जिसमें केवल महिलाएं ही भाग लेंगी

इस योजना के तहत बिजली वितरण कंपनियों के अलावा कर्मचारी भी सामूहिक रूप से पचास लाख रुपये के पुरस्कार के पात्र होंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्ष सितंबर में इस कार्यक्रम की शुरूआत की थी कल नई दिल्ली में विद्युत मंत्री आरके सिंह की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में पुरस्कार की घोषणा की गई

उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने कहा कि इस रोज नगर निगम की परिधि में आने वाले सभी सरकारी कार्यालय बोर्ड निगम और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे

ज्ञापन चम्बा जिला में चल रही चमेरा चरण तीन परियोजना से प्रभावित जिले के तीन गांवों मोखरी चूड़ी और सुगाड़ी के लोगों ने किलोड़ वार्ड के जिला परिषद सदस्य ललित ठाकुर के नेतृत्व में आज उपायुक्त चम्बा से मिलकर न्याय की मांग की प्रभावितों ने उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि उनका पुनर्वास किए बिना ही मकान खाली करने के नोटिस दिए गए हैं जो सरासर गलत है

विमोचन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में डॉ प्रमोद शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक द लीडरशिप का विमोचन किया मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आज समाज में ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्र स्तर तक नेतृत्व विकास होना चाहिए ताकि एक समृद्ध समाज स्थापित हो सके लेखक प्रमोद शर्मा ने कहा कि पुस्तक में मनेजमेंट के सिद्धांत व्यवहारिक नेतृत्व गुण नेतृत्व के प्रकार और नेतृत्व के विकास पर प्रकाश डाला गया है किसान समा हिमाचल किसान सभा ने प्रदेश सरकार से सब्जी आधारित उद्योग लगाने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने और कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने की मांग की है सभा ने यह मांग आज शिमला में सोलन सिरमौर और शिमला जिला के किसानों के एक दिवसीय अधिवेशन के मौके पर सरकार से की इस मौके पर किसान सभा के नेताओं सहित अधिवेशन में पहुंचे किसानों ने कहा कि राज्य के सब्जी क्षेत्र को सभी सरकारों ने नजरअंदाज किया है

परीक्षा नवम्बर महीने में ली जाएगी अनुराग सांसद अनुराग ठाकुर ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए मिलकर प्रयास करने को कहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को इनका लाभ मिल सके अनुराग ठाकुर आज ऊना में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं का लगातार फीडबैक देने को भी कहा ताकि इन्हें लागू करने में जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं को दूर किया जा सके

रक्षा पैंशन संवितरण अधिकारी ने रक्षा पैंशन धारकों युद्ध विधवाओं सैनिकों की विधवाओं और आश्रितों से पैंशन संबंधी शिकायतें उनके कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा है